दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस समझौते के दस्तखत को सयम भारत के विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय और गृहमंत्रालय के अधिकारियों के अलावा पंजाब सरकार के अधिकारी भी मौजदू रहे

भारत पाकिस्तान स्थित ग्रूदवारों के दर्शन के लिय श्रदवाल्ओं की सूची दस दिन पहले पाकिस्तान को भैजेगा और पाकिसतान यात्रा से चार दिन पलहे यात्रियों को सूचि जारी करेगा